उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता प्रदान कर रही है आयुर्वेद मंत्री ने इसके उपरांत गढ़खल गुनाई वाया समोल बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

इसके अंतर्गत आम नागरिकों से पर्यटन क्षेत्र में हुए विकास को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं अभियान का आयोजन हिमाचल डॉट माईगॉव डॉट इन पोर्टल पर किया जा रहा है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने कल सोलन के कथेड़ में निर्माणाधीन ईवीएम तथा वीवीपैट भंडारण स्थल का निरीक्षण किया

कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा है कि जिला में रामलीला और दशहरा पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए कोरोना की मानक परिचालन प्रक्रिया बना दी गई हैं आयोजन स्थल पर में थर्मल स्कैनिंग सैनिटाईजर का उपयोग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा उन्होंने कहा कि आयोजकों को कार्यक्रम की पूर्व सूचना देनी होगी

शारदीय नवरात्रे के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रहमाचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है इस अवसर पर प्रदेश के सभी शक्तिपीठों और अन्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है कोरोना महामारी के बीच आयोजित होने जा रहे नवरात्रे पर्व के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए सभी छोटे बड़े मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं इस दौरान सामाजिक दूरी मास्क पहनने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान होगा अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है शिलान्यास पट्टिका सुरक्षित बीआरओ तय करेगा कहां लगानी आपका फैसला परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर के हवाले से लिखता है जिनका योगदान नहीं उनकी पट्टिका नहीं लगती अमर उजाला का शीर्षक है धर्मशाला में बनेगा थ्रीजी एक्वेरियम पर्यटक होंगे आकर्षित

अमर उजाला लिखता है महिला के आत्महत्या मामले में डीडीयू अस्पताल शिमला के कार्यकारी एमएस चार्जशीट

अखबार की एक अन्य खबर है हिमाचल में आत्महल्या रोकने के लिए विशेष समिति गठित

रैली में ही आइसोलेट होंगे कोरोना पॉजिटिव शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में कार्यक्रम आयोजन स्थल पर आइसोलेशन रूम अनिवार्य हिमाचल दस्तक ने खबर दी है जल शक्ति विभाग की भर्तियों पर कोर्ट का राइडर हाई कोर्ट ने कहा याचिका के फैसले पर निर्भर करेगी भर्ती पंजाब केसरी की एक खबर है औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ता वाय् प्रद्षण कोविड मरीजों के लिए पैदा कर सकता है मुश्किलें ठियोग में ट्रक पलटने से दो बच्चों की मौत की खबर भी आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं